्र देवउठनी एकादशी पर्व पर आज से विभिन्न धार्मिक और वैवाहिक कार्यक्रमों की हुई शुरूआत ् कल मनाया जायेगा संविधान दिवस राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं ं बीकानेर और जयपुर संभाग में आज कहीं कहीं हल्की बारिश मौसम विभाग ने कहा न्यूनतम तापमान में आयेगी गिरावट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

भाजपा और कांग्रेस के कई विधायकों तथा सांसदों ने आज पार्टी प्रत्याशियों के लिये प्रचार किया विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाबचंद कटारिया ने आज प्रतापगढ़ में पंचायत चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया हमारे झुंझुनू संवाददाता ने बताया है कि अब प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे है उधर जालौर जिले में दूसरे चरण के मतदान शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए पुलिस और आरएसी के जवानों ने संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर भयमुक्त मतदान के लिए मार्च पास्ट किया

कई नगर निकायों में भाजपा तथा कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की आज भाजपा कार्यालय पर दिनभर प्रत्याशियों की भीड़ लगी रही

नामांकन पत्रों की जांच एक दिसम्बर को होगी

नये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश स्थिति का आंकलन करने के बाद महामारी के फैलाव को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रात्री कर्फ्यू जैसी पाबंदी लगा सकते है लेकिन केन्द्र के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन्स के बाहर स्थानीय स्तर पर लॉकडॉउन नहीं करेंगे राज्यों को कंटेटमेंट जोन्स का सावधानीपूर्वक सीमांकन करना होगा इन जोन्स की सूची संबंधित जिला कलक्टरों और राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को वैबसाईट पर अधिसूचित करनी होगी इस सूची को स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी साझा करना होगा

हाल के दिनों में जिन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में संक्रमण के मामले फिर से बढ़े है वहां महामारी पर नियंत्रण के लिए पूरी सावधानी और निर्धारित रणनीति का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड से होने वाली मृत्यु दर एक दशमलव चार छह प्रतिशत है कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृखंला जनता का संदेश जनता के नाम चलाई जा रही है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

आज का अबूझ सावा होने के कारण कई जगह वैवाहिक आयोजन हो रहे है सवाई माधोपुर जिले में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आयोजनों की धूम है लोगों ने सुबह त्रिनेत्र गणेश मंदिर में दर्शन किए कोरोना संक्रमण को देखते हुए विवाह स्थलों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल की पालना के तहत मेहमानों को मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जा रहे हैं सरकार की ओर से भी आतिशबाजी और बारात निकासी पर सख्ती से रोक के आदेशों की पालना सुनिश्चित कराए जाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कड़े कदम उठाए गए हैं

श्री गंगानगर में कोरोना गाइडलाइन की पालना कराते हुए जिला प्रशासन की ओर से शादियों के आयोजन की मंजूरी दी गई है इसके अलावा प्रशासन की ओर से बिना मास्क के घर से बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ जुर्माना लगाने के साथ समझाइश के लिए भी अभियान चलाया गया अलवर में भी वैवाहिक स्थलों पर कोविड हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना की जा रही है

राज्यपाल कलराज मिश्र ने संविधान दिवस की देश और प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है राज्यपाल ने संवैधानिक मूल्यों नैतिकता और मर्यादा के साथ संविधान की गरिमा कायम रखने का आह्वान किया है

इसका विषय संवैधानिक ढांचे में मूलभूत स्वतंत्रता और उसका संरक्षण था वेबिनार में डूंगरपुर सिरोही और उदयपुर के क्षेत्रीय लोक सम्पर्क ब्यूरो की भागीदारी रही

सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी पीठासीन अधिकारियों से कहा कि वे संविधान दिवस पर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों पर विचार करें उन्होंने पीठासीन अधिकारियों से यह शपथ लेने की भी अपील की कि वे हमारे महान नेताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करेगें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्रीमण्डल की बैठक में यह निर्णय लिया गया

प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं